ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित प्रदेश पुलिस के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर की उन्होंने सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले पुलिस कर्मियों को एक पदोन्नति देने की भी घोषणा की

उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस विभाग को निरंतर सुदृढ़ कर रही है और विभाग को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने पुलिस को प्रदेश में नशे से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखने को कहा ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके मुख्यमंत्री ने इस मौके पर महिला पुलिस की टुकडी को मार्चपास्ट में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत भी किया पुलिस महानिदेशक एसआरमरडी ने इस दौरान विभाग की गतिविधियों व कार्यकमों की जानकारी दी मिशन इन्द्र धनुष गहन मिशन इन्द्र धनुष का दूसरा चरण आज से देशभर में शुरू हो गया केन्द्र सरकार की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को काली खांसी टैटनेस पोलियो टीबी खसरा और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाना है

यह चरण इस वर्ष दिसंबर से अगले वर्ष मार्च तक चलेगा

इस दौरान स्वस्थ राष्ट्र सुरक्षित जननी और विकसित धारिणी को समर्पित इस अभियान में जन जागरूकता के लिए व्यापक मुहिम शुरू की गई है शिमला में इस अभियान की शुरूआत शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की अभियान के दौरान ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रधानमंत्री मातुवंदना योजना से जोड़ने पर बल दिया जा रहा है ताकि वे इस योजना का लाभ ले सकें इस कार्य में सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है

योजना के तहत मिलने वाली ये राशि लाभार्थी महिलाओं के खाते में डाली जाती है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र को एक ज्ञापन सौंप कर मण्डी शहर को नगर निगम का दर्जा देने की मांग की है मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि मण्डी हिमाचल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है इसकी समय के साथ जरूरते बढ़ रही है लिहाजा मण्डी को नगर निगम का दर्जा दिया जाए ज्ञापन में ये भी कहा गया कि नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से भी अनेक मौकों पर प्रदेश सरकार से मण्डी को नगर निगम का दर्जा देने की मांग उठ चुकी है उन्होंने कहा कि मण्डी को नगर निगम का दर्जा देने से यहां व्यवस्थित रूप से विकास संभव हो सकेगा विधान सभा गोवा विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने आज प्रदेश विधानसभा का दौरा किया और ई विधान प्रणाली की जानकारी हासिल की इस मौके पर इस दल को ई विधान प्रणाली की जानकारी देते हुए विधानसभा के निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी धर्मेश शर्मा ने कहा कि ई विधान एक पर्यावरण मित्र प्रणाली है इससे जहां कामकाज में तीव्रता व दक्षता आई है वहीं पारदर्शिता भी बढ़ी है अधिकारियों के इस दल ने कहा कि गोवा विधानसभा में भी ई विधान प्रणाली स्थापित की जाएगी इस दल ने बाद में विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा से भी भेंट की तथा दोनों विधानसभाओं की कार्य प्रणाली पर चर्चा की मौसम प्रदेश में आज लागातार तीसरे दिन धूप खिलने के बावजूद जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को प्रचंड ठंड का सामना करना पड़ रहा है

इसके चलते लाहौल स्पीति में पानी के अधिकांश स्रोत जम गए हैं जिस कारण लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है अत्यधिक ठंड के चलते रोहतांग दर्रे को खोलने में जुटे सीमा सड़क संगठन को भी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है इस साल लाहौल घाटी में सर्दी ने समय से पहले दस्तक दी है टोल प्लाजा कुल्लू जिला प्रशासन ने कुल्लू और मनाली के बीच डोहलूनाला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित टोल प्लाजा की दरों पर सुनवाई को लेकर एक समिति का गठन किया है उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा कि एसडीएम कुल्लू इस समिति के अध्यक्ष होंगे